कल गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षान्त समारोह को वीडियो काफ्रेस के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फ्टप्रिंट में तीस से पैंतीस प्रतिशत तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ रहा है आज देश अपने कार्बन छटप्रिंट को तीस से पैंतीस प्रतिशत तक कम करने का तस्य तेकर के आगे बढ रहा है

प्रयास ये है कि इस दसक अपनी छर्जा जरूरतों में नेवरत गैस की हिस्सेदारी को हम चार गुणा तक बढ़ाएगें देश की ऑयल रिफाइरिंग कैपेसिटी को भी आने वाले पांच सातों में करीब करीब दो गुणा करने के लिए काम किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना य्वा विद्यार्थियों के लिए बहत बडी चुनौती है लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं अधिक बड़ी हैं प्रघानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नये अवसरों में बदलें श्री मोदी ने कहा कि दनिया को भारत से बडी आशाएं तथा अपेक्षाएं हैं और ये हमारे युवा विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं उन्हॉने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढना है बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान से लेकर उत्पादन क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर ही अवसर हैं आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की एंटर्याइस स्पिरिट की एम्पलॉयमेंट की असीम संभावनाएं यानि आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहचे इस दशक में सिर्फ आइल एंड गैस सेक्टर में ही ताखों करोड़ रूपए का निवेश होने वाला है इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अक्सर ही अक्सर है इससे पहले प्रधानमंत्री ने पांच अत्याध्निक सुविधाओं का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उदघाटन किया करीब दो हजार छह सौ विद्यार्थियों ने कल दीक्षान्त समारोह में डिग्रियां और प्रमाणपत्र हासिल किए चालीस शोघ छात्रों को पीएचडी की डिग्री दी गई

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत पांच हजार पांच सौ पचपन करोड रुपये से ज्यादा है परियोजनाओं के तहत दो हजार नौ सौ पन्वानबे गांवों के सभी घर्रो में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा जिससे इन जिलों की लगभग बयालिस लाख आबादी को लाभ होगा इन परियोजनाओं को चौबीस महीनों के अन्दर परा किया जायेगा इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति और पानी समिति का गठन किया गया है जो संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी परियोजनाओं के आधारशिला आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन समितियों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे

यहाँ लोग बड़े खुश है और उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इन पेयजल परियोजनाओं से लोगों की दिनवर्या में भारी परिक्तन आएगा इस पिछड़े क्षेत्र में कई स्थानों पर लोगों को मीलो दूर से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है वास्तव में इन परियोजनायों से इस क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी समस्या का समाघान हो जाएगा क्योंकि यहां जलस्तर काष्ट्री नीचे चला जाने के कारण लोगों को पेयजल की व्यवस्था करने में एक बड़ा समय गमाना पड़ता है इस क्षेत्र के पठारी होने के कारण गर्मी के मौसम में यह समस्या और विकरात रूप धारण कर लेती है बुंदेलखंड और विंप्यांचल क्षेत्र में पेयजल समस्या हमेशा एक चुनौतीपुर्ण कार्य रहा है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि लोग मास्क को अनिवार्य रूप से लगाये इसके लिये सभी जिलों में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के साथ बैठक करे उन्होंने मास्क न पहनने वालों पर प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये हैं मख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की प्रभावी कॉटैक्ट टेसिंग की जाये इसके अलावा रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग की जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण शरू करने के लिये मिशन मोड पर काम किया जाना चाहिये लखनऊ में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि समी निर्माण कार्यो की शुरूआत के साथ साथ उनके पूरा होने की तारीख भी तय होनी चाहिये श्री योगी कहा कि राज्य में विकसित हो रही आधार भूत सुविधाए प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मजबृत करने में बडी हद तक सहायक होंगी गंगा एक्सप्रेस वे वन्देलखंड एक्सप्रेस वे पर्वाचल एक्सप्रेस वे सहित निर्मित अनेक मार्गो से प्रदेश में देश की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध होंगी गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के बारह जनपदों मेरठ ब्लन्दशहर हापुड अमरोहा संभल बदायू शाहजहांपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा

ज़िलाधिकारी अनुज झा ने बताया है कि मेले के दौरान धार्मिक नगरी में भीड़ को रोकने के लिये परिक्रमा मार्ग के दायरे में तेरह जगहों पर वैरियर लगा दिये गये हैं अयोध्या के स्थानीय नागरिक पहचान पत्र दिखा कर ही नगर में प्रवेश पा सकते हैं जिला प्रशासन ने देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्दाल़ओं से अपील की है कि वह कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या न आयें और अपने घरों में रह कर ही पूजा अर्चना करे चौदह कोसी परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्वाल अयोध्या आते हैं अयोध्या में कार्तिक मेला शुरू हो चुका है कल चौदह कोसी परिक्रमा शुरू होगी जबकि पच्चीस नवम्बर को पचकोसी परिक्रमा है और तीस नवम्बर को पूर्णिमा स्नान तक कार्तिक मेला जारी रहेगा प्रदेश में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने पर राज्य सरकार बल दे रही है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये अब हर माह की इक्कीस तारीख़ को ख़्शहाल परिवार दिवस मनाने का फैसला किया गया है इस क्रम में कल लखनऊ के अलीगंज शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने खुशहाल परिवार दिवस कार्यक्रम का विधिवत उदघाटन किया